चुनाव प्रचार लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया

इस चरण के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिये जनसभाएं की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज पाटन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने यहां कहा कि हमने आतंकवाद का सफाया करने का निर्णय लिया है और इसके लिये अपनी कर्सी भी गंवानी पड़े तो परवाह नहीं है

श्री मोदी ने देश में आतंकवाद के प्रसार के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों के नरम रवैये को जिम्मेदार ठहराया वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने गहलोत सरकार पर यूरिया की समस्या बढ़ाने और किसानों को सहायता से वंचित करने का आरोप लगाया

शीर्ष नेताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की जा रही हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ कल बैतूल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को भिण्ड ग्वालियर और मंडला लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रचार पर रहेंगे

जबलपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने यहां दिगम्बर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया इस दौरान जबलपुर से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह और पार्टी नेता मौजूद थे केन्द्रीय गृहमंत्री इसके बाद शहडोल संसदीय क्षेत्र के जमुना कालरी पहुंचे यहां उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है हम चीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं श्री सिंह ने कहा स्वच्छता के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काम किया होता तो देश में गरीबी नहीं होती केन्द्रीय गृहमंत्री ने सतना के नागौद और सीधी संसदीय क्षेत्र के बैढ़न में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया

यहां प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है वहीं निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता के लिये भी कई कार्यक्रम चला रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि निर्दोष लोगों के साथ इस तरह की कायराना हरकत की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिये उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने श्रीलंका में इस्टर के दिन कई विस्फोटों में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर दुःख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस तरह की बर्बरता के लिये इस क्षेत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिये उन्होंने यह भी कहा कि दुःख की इस घड़ी में भारत श्रीलंका के लोगों के साथ है

श्रीलंका में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि भोपाल को व्यवस्थित ढंग से बनाने का उनका लक्ष्य रहेगा और इसी का मैप विजन भोपाल में पेश किया गया है उन्होंने कहा कि वे आम लोगों के सुझावों के आधार पर भोपाल को बेहतर ढंग से विकास के लिये प्रतिबद्ध हैं भोपाल को ट्ररिस्ट हब बनाया जायेगा सीहोर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और हवाई सुविधाएं बढ़ाने पर जोर रहेगा

चौहान आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सरकार न चला पाने का आरोप लगाया है प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को आतंकित कर रही है उन्हें निलंबित करने की धमकियां दी जा रही हैं चौहान ने कहा कि अगर सत्ता नहीं संभल रही तो कमलनाथ कुर्सी छोड़ दें मतदाता जागरुकता प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज नगर निगम भोपाल और जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानिय लालपरेड़ मैदान से साइकल रैली निकाली गई

वहीं खण्डवा जिले के रजूर गांव में लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में बताया गया इस दौरान उन्हें मतदान की शपथ भी दिलाई गई इसके अलावा जिले के मैदारानी फूलगांव भोजाखेड़ी गोलखेड़ा सेमलिया टाण्डा सहित कई गांव में जागरुकता कार्यकम आयोजित किये गये वहीं रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से भी महिलाओं को मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है बुरहानपुर में कलेक्टर उमेश कुमार ने आज सुबह सैर पर आने वाले लोगों को भी मतदान करने की शपथ दिलाई मौसम बादलों की लुकाछिपी के चलते पूरे प्रदेशभर के तापमान उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है